और प्रदेश में आज भी धूमधाम से मनायी जा रही है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

वहीं आपराधिक मामलों में भी काफी कमी आयी है अपर पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने विधि व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि इस साल प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के पच्चीस मामले सामने आये हैं जबकि दो हजार सत्रह में ऐसे मामलों की संख्या इकहत्तर थी श्री सिंघल ने कहा कि दो सौ बासठ नक्सलियों को इस साल गिरफ्तार किया गया है अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आपराधिक मामलों में पिछले एक साल के दौरान एक लाख सत्तर हजार चार सौ अड़तालीस आरोपियों की विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी हुई है श्री सिंघल ने कहा कि तीन सौ उनहत्तर पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार को लेकर विभागीय कार्रवाई हुई है वहीं इकतालीस पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं गंगा कोसी घाघरा गंडक और बागमती नदी कई स्थानों पर लाल निशान को पार कर गयी है गंगा नदी पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं भागलपुर और कहलगांव में यह लाल निशान के आसपास है घाघरा नदी दरौली और गंगपुर सिसवन में गंडक गोपालगंज में ब्रूढ़ी गंडक खगड़िया में और बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान को पार कर गयी है कोसी नदी सुपौल के बसुआ खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर है वहीं कमला बलान मध्रबनी के झंझारपुर में और महानंदा पूर्णियां के ढेंगरा घाट में लाल निशान के आसपास बनी हुई है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका है इधर पिछले चौबीस घंटों से प्रदेश भर में रूक रूक कर बारिश हो रही है औरंगाबाद कैमूर और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान औरंगाबाद जिले के रफीगंज में सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर और जमुई के झाझा में सात सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी कटिहार बरौनी रेलखंड पर साहेबपूर कमाल और लखमीनियां स्टेशन के बीच पटरी धंस जाने के चौबीस घंटे बाद भी इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है चौदह ट्रेनों का परिचालन कल तक के लिये रद्द कर दिया गया है इनमें से छह एक्सप्रेस और आठ पैंसेजर ट्रेनें शामिल हैं कटिहार रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक अमरमोहन ठाकुर ने बताया कि टाटा लिंक और कैपिटल एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है वहीं कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है श्री ठाकुर ने कहा कि धंसे हुए रेल ट्रैक की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर जारी है किशनगंज जिले के गलगलिया के पास से एसएसबी ने एक तस्कर से दूर्लभ प्रजाति की पांच छिपकलियां बरामद की हैं बरामद छिपकली की कीमत करोड़ों रूपये बतायी जाती है टोके नाम की इस विशेष छिपकली से कई प्रकार की दवाईयां बनायी जाती हैं इस छिपकली की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत दो करोड़ तीस लाख रूपये बतायी जाती है एसएसबी ने गिरफ्तार तस्कर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है आयुष्मान भारत योजना के तहत आज पटना के पीएमसीएच में प्रयोग के आधार पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान की शुरूआत हुई स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसका उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि पच्चीस सितम्बर से राज्य के एक करोड़ आठ लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना का लाभ चिन्हित सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलने लगेगा श्री पांडेय ने कहा कि आईजीआईएमएस पटना एम्स एनएमसीएच बेतिया भागलपुर मुजफ्फरपुर दरभंगा और गया मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी पीएमसीएच में योजना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अहमद अंसारी ने बताया कि मरीज को फिलहाल आधार या राशन कार्ड लाना होगा यदि किसी मरीज के पास ये दोनों चीजें नहीं हैं तो भी नाम से ही इस बात का पता कर लिया जायेगा कि वह लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं इलाज और जांच में होने वाले खर्च का बिल निकलेगा लेकिन मरीजों को उसका भूगतान नहीं करना होगा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी पर्व को लेकर प्रदेश भर में मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है पटना के इस्कॉन मंदिर श्रीनागाबाबा ठाकुरबाड़ी भीखमदास ठाकुरबाड़ी सहित तमाम मंदिरों में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहे हैं अरवल जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट साउंड बाईट जिले के सभी गांव अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकृत हो चुके हैं गांवों में बिजली पहुंच जाने से लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ा है लाभार्थी संजीवन गांधी कहते हैं कि अब जिंदगी बहुत आसान हो गयी है

केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लोगों के जीवन स्तर में जहां एक ओर सुधार हुआ है वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है आकाशवाणी समाचार के लिये अरवल से चंद्रभूषण कुमार मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में कथित तौर पर कीटनाशक खाने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गयी पुलिस मामले की जांच कर रही है समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के करिहारा गांव स्थित एक घर से पुलिस ने छापेमारी कर दस हजार रूपये मूल्य के जाली नोट बरामद किये हैं छापेमारी के दौरान प्रिंटर कागज और मोबाईल समेत अन्य आपत्तिजनक सामानों के साथ पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है पूर्वी चंपारण जिले के तुरकोलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने सत्रह महिलाओं को मानव तस्करों से मुक्त कराया है मौके से बारह लोगों को गिरफ्तार किया गया है मधेपुरा जिले के ग्वालपारा थाना क्षेत्र के फकीराना गांव में तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से एक महिला की मौत हो गयी भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित एनटीपीसी ताप विद्युत निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के बिसौआ दियारा में अवैध बालू उत्खनन में लगे तीन ट्रैक्टरों और दो नाव को पुलिस ने जब्त कर लिया है लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र के राजघाट कोल के पास नक्सलियों ने एक महिला की हत्या कर दी हत्या का कारण पुलिस मुखबिरी बताया जा रहा है शेखपुरा जिले के अरियरी गांव में एक युवक की इलाज के दैरान मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक के साथ मारपीट की और अस्पताल में ताला जड़ दिया मौके पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी पहुंच कर मामले की जांच कर रहे हैं वैशाली जिले के लालगंज बाजार स्थित एक गोदाम से पुलिस ने एक सौ बीस कार्टन शराब बरामद की है वहीं बेगूसराय जिले के तेयाय पुलिस आउट पोस्ट के रघूनंदनपूर गांव से पूलिस ने एक सवारी गाड़ी से एक सौ बाईस कार्टन शराब जब्त की है मुजफ्फरपुर जिले में तपेदिक के दो सौ निन्यानवे नये मरीजों की पहचान हुई है जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर अमिताभ कुमार सिन्हा ने बताया कि सबसे अधिक मीनापूर में बयालीस और गायघाट में चौबीस मरीजों में रोग की प्रष्टि हुई है पूर्वी क्षेत्र सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वालीफाइंग राउंड के लिये कल से पटना के मनोज कमलिया स्टेडियम में मैच आयोजित किये जायेंगे इसमें बिहार ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ सिक्किम पश्चिम बंगाल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें हिस्सा लेंगी

और प्रदेश में आज भी धूमधाम से मनायी जा रही है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी